प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रयास किए लेकिन इच्छित प्रयास नहीं किए गए

उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम लेह और जम्मू कश्मीर के लोगों के सपनों को पूरा करें

राष्ट्र इसका जवाब मांग रहा है प्रधानमंत्री ने आहवान किया कि जम्मू कश्मीर और लददाख के लोगों के सपनों को साकार करना हम सब की ज़िम्मेदारी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमारा जीवन रोशन किया है उन्होंने इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाने की घोषणा की नरेन्द्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का भी ज़िक्र किया उन्होंने कहा कि जब सती प्रथा खत्म हो सकती है और भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून बन सकता है तो तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज़ उठाने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने हर तीन लोकसभा क्षेत्र के बीच एक मैडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट जाकर राष्ट्र की ओर से उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए इस बीच हिमाचल प्रदेश में भी आज स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया इस अवसर पर राज्य जिला और उपमण्डल स्तरों पर स्वतंत्रता दिवस समारोहों का आयोजन किया गया राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित हुआ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली

मुख्यमंत्री ने भविष्य में राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य अधिनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाने की घोषणा की

इस मौके पर स्कूली तथा सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस मौके पर बहनों ने भाईयों की कलाई पर राखी बांधी और भाईयों ने भी बहनों की रक्षा की शपथ ली